मुख्यमंत्री ने कहा मंडी सेफ सिटी प्रोजैक्ट से महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था होगी सुनिश्चित

मतदान प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद मतगणना की जा रही है और देर रात तक प्रधान उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के नतीजे आने की उम्मीद है

प्रदेशभर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए भी हर आयु वर्ग के मतदाताओं में उत्साह देखा गया विभिन्न मतदान केन्द्रों पर सौ वर्ष से अधिक उम्र और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं ने मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर भाग लिया कुल्लू जिले की गाहर पंचायत में एक सौ तीन वर्षीय दूलेराम और बबेली वार्ड में एक सौ दो वर्षीय देहलू देवी ने भी मतदान किया

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि मंडी शहर में निर्भया निधि के तहत प्रस्तावित सेफ सिटी परियोजना के लागू होने से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी भारत संचार निगम लिमिटिड द्वारा निर्भया परियोजना के अंतर्गत सेफ सिटी प्रोजेक्ट मंडी पर आधारित प्रस्तुति के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही जयराम ठाक्र ने कहा कि इस परियोजना से बेहतर यातायात प्रबंधन और भीड़ को नियंत्रित करने में भी स्मार्ट समाधान उपलब्ध होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में मंडी शहर के लिए योजना विकास कार्यान्वयन और संचालन के अलावा सीसी टीवी पर आधारित निगरानी प्रणाली की परिकल्पना की गई है इस दौरान हिमाचल प्रदेश दूर संचार वृत के मुख्य महाप्रबंधक जसविंदर सिंह सहोटा ने मुख्यमंत्री को बताया कि बीएसएनएल सैटेलाईट मोबाईल फोन सुविधा प्रदान करने वाली भारत की एक मात्र कंपनी है और ये फोन विभिन्न साहसिक गतिविधियों व आपदा प्रबंधन के दौरान बेहतर संचार सुविधाएं प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं

चांदमल कुमावत ने प्रदेश के प्रसिद्व पर्यटन स्थलों पर आधारित ज्वेल ऑफ हिमाचल नामक पुस्तक के प्रकाशन की योजना से भी मुख्यमंत्री को अवगत करवाया मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए उनकी सफलता की कामना की

संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नेताजी के अतुल्य योगदान और राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा की याद में ऐसा किया गया है

मंदिर निर्माण निधि श्रीराम जन्म भूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान समिति के सदस्यों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की रूपरेखा की जानकारी दी और भगवान राम के प्रस्तावित मंदिर का चित्र भी भेंट किया

हालांकि इस वर्ष उम्मीदवारों के पास जेईई और नीट परीक्षाओं में सवालों के जवाब देने के लिए विकल्प होंगे

कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक हरताप सिंह सिद्द्ध और वित्त नियंत्रक देवेश जयरथ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आज शिमला में ये उपकरण भेंट किए मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए प्रबंधन का आभार जताते हुए कहा कि अन्य लोग भी इससे जनहित के लिए प्रेरित होंगे

भेंट हिमाचल प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन शिमला के एक प्रतिनिधिमण्डल ने एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश शर्मा की अध्यक्षता में आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश लीगेसी केसिज रेज्यूलेशन स्कीम के अन्तर्गत आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया राकेश शर्मा का कहना था कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण इस योजना के तहत निर्धारित समयाविधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया एसोसिएशन के सचिव रमेश शर्मा और उपाध्यक्ष रश्मि शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे दुर्घटना सिरमौर ज़िले के संगड़ाह उपमंडल में कल देर रात एक कार के गहरी खाई में गिरने से सेना के एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल है मृतक की पहचान भट्यूडी निवासी दिनेश कुमार के रूप में हुई है

संगड़ाह के डीएसपी शक्ति सिंह ने बताया कि दुर्घटना की जानकारी श्रीनगर व कसौली स्थित डोगरा रेजिमेंट बटालियन को भेज दी गई है सैनिक वैलफेयर बोर्ड के उपनिदेशक मेजर दीपक धवन ने शोक संत्पत परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है

पशु स्वास्थ्य व प्रजनन विभाग के उपनिदेशक संजीव नड्डा ने बताया कि सामान्य परीक्षण में पक्षियों में बर्ड फ़्लू के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं उन्होंने कहा कि ऐहतियात के तौर पर पक्षियों को जांच के लिए वन्य प्राणी विभाग के माध्यम से क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला जालंधर भेज दिया गया है संजीव नड्डा ने कहा कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव गांव जाकर घरेलू कुक्कट पक्षियों का निरिक्षण भी कर रहे हैं